लोकसभा चुनाव के शेष चरणों का प्रचार अभियान चरम पर पहुंच गया है सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं इसके लिए वे चुनावी सभाओं के साथ साथ प्रचार के अन्य माध्यमों विशेष रूप से सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के महुआ में एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है और यहां न्याय के साथ विकास हो रहा है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि चारों तरफ पीएम नरेन्द्र मोदी की गुंज हो रही है लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने आरक्षण खत्म करने के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और राजद अफवाहें फैलाकर विवाद को बढ़ाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़ी जाति के हैं वे आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हैं राजद के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली हमले को केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के खुफिया तंत्र की नाकामी का परिणाम बताया उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सोलह जवान शहीद हो गए लेकिन भक्तगण चुप हैं लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने एनडीए पर मुद्दाविहीन राजनीति करने का आरोप लगाया श्री यादव ने हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के साथ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर मुख्य मुद्दों से भागने का आरोप लगाया विभिन्न दलों के नेता आज भी अपने दल के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार अभियान चलायेंगे जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर के मनियारी सीतामढ़ी के बाजपट्टी वैशाली के मोतिपूर बरूराज और महाराजगंज के गोरियाकोठी में चूनावी सभा को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मधुबनी और मुजफ्फरपुर शहर में रोड शो करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना साहिब और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के साथ ही चुनावी सभा करेंगे भाजपा नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी आज पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के केसरिया पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़वा और शिवहर के बैरगनिया में चूनावी सभा को संबोधित करेंगी राजद नेता और विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर के बोचहा सीतामढ़ी के पुपरी सोनवर्षा मध्यबनी के पंडौल वैशाली के राघोपुर और सारण के डोरीगंज में चूनावी सभा करेंगे राजद नेता और पाटलिपूत्र संसदीय क्षेत्र की उम्मीदवार मीसा भारती भी अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क और चुनावी सभा करेंगी नाम वापसी की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद सातवें और अंतिम चरण के तहत प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों में एक सौ उनसठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गये हैं सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार नालंदा लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं काराकाट से सताईस पाटिलपुत्र से पच्चीस पटना साहिब से अठारह बक्सर और सासाराम से पंद्रह पंद्रह जहानाबाद से तेरह और आरा से ग्यारह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं डिहरी विधानसभा उपचुनाव के लिये बारह उम्मीदवार मैदान में हैं इन क्षेत्रों में उन्नीस मई को मतदान होना है इधर पांचवे चरण का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जायेगा इस चरण में सीतामढ़ी मध्रबनी मूजफ्फरपूर हाजीपूर और सारण लोकसभा क्षेत्रों के लिए सोमवार को मतदान कराया जाएगा छठे चरण के लिए इस महीने की बारह तारीख को और सातवें तथा अंतिम चरण के लिए उन्नीस तारीख को वोट डाले जाएंगे उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि गर्मी और रमजान के कारण मतदान शुरू होने का समय सुबह पांच बजे करने का निर्णय लें पटना के दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों पटना साहिब और पाटलिपुत्र में अधिक उम्मीदवारों के कारण दो दो ईवीएम लगाये जायेंगे वहीं नालंदा में हर ब्रथ पर तीन ईवीएम होंगे बंगाल की खाड़ी से उठा फोनी तूफान ओडिसा तट से टकराने वाला है मौसम विभाग ने इस तूफान के असर से पूर्वी बिहार के कई इलाकों में छत्तीस घंटों के अंदर भारी बारिश की चेतावनी दी है इसके अलावा दूसरे जिलों में भी तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि फोनी तूफान की रफ्तार तेज हो गयी है जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ेगा फोनी का प्रभाव अगले दो दिनों तक रहेगा इस दौरान राज्य के तापमान में आठ डिग्री सेल्सियस तक कमी आने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान फौनी के कारण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर दस ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है रद्द घोषित ट्रेनों में पटना एर्णाकुलम एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार टर्मिनल नीलांचल एक्सप्रेस और पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शामिल हैं तूफान के कारण पटना एयरपोर्ट से कोलकाता भुवनेश्वर और बैंग्लूरू जाने वाली कई विमान सेवाओं को रद्द कर दिया गया है पटना की विशेष अदालत ने प्रश्नपत्र लीक मामले में बीएसएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुधीर कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी सतर्कता के विशेष न्यायाधीश मध्यकर कुमार ने सुधीर कुमार की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की सूनवाई के बाद श्री कुमार को जमानत पर मुक्त किये जाने से इंकार कर दिया इस मामले में कुल चौवालीस लोग आरोपित हैं जिनमें इकतालीस अभियुक्त जेल में बंद हैं

सीबीएसई बारहवीं के नतीजे घोषित हो गये हैं नाट्रेडम एकेडमी पटना की मरियम रजा खान ने बिहार में टॉप किया है विज्ञान संकाय में मरियम को चार सौ नवासी अंक मिले है वहीं पटना रीजन में हजारीबाग डीएवी पब्लिक स्कूल के अक्षत अग्रवाल ने चार सौ नब्बे अंक लाकर रीजन में टॉप किया है इस बार की परीक्षा में तिरासी दशमलव चार प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है पटना जोन से छियासठ दशमलव सात तीन प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है इनमें छिहत्तर प्रतिशत से अधिक लड़कियां और साढ़े इकसठ प्रतिशत से अधिक लड़के हैं दिल्ली उच्च न्यायालय ने देश भर के बारह करोड़ ईएसआईसी कार्डधारकों को बड़ी राहत देते हुए एक वित्त वर्ष कें इलाज खर्च की अधिकतम दस लाख रूपये की सीमा को खत्म कर दिया है यानि इलाज में अब जितने भी पैसे खर्च होंगे उसका भूगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम करेगा आज के सभी समाचारों पत्रों ने सीबीएसई बारहवीं के रिजल्ट को सुर्खी बनाते हुए प्रमुखता से छापा है इसके अलग अलग खबरों को भी पहले पन्नों पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान ने सीबीएसई बारहवीं के नतीजों को सुर्खी बनाते हुए लिखा है मरियम रजा बनी बिहार की टॉपर वहीं दैनिक भास्कर लिखता है पांचवें साल भी लड़कियां ही रही टॉप टॉप दो में रहीं पांचों ने कहा हम सोशल मीडिया से दूर रहें दैनिक जागरण का शीर्षक है फोनी ने रोकी दो सौ तेईस ट्रेनें उड़ाने रद्द प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वक्तव्य को सुर्खी बनाते हुए लिखा है मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करना भारत की बड़ी जीत